मुख्यमंत्री ने कहा एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सा विज्ञान में हो रहे नये अनुसंधानों के साथ चलने का चिकित्सकों का किया आह्वान केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए कडे उपाय करने को कहा अब समाचार विस्तार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है उन्होंने कहा कि प्रदेश देश के समृद्व राज्यों में से एक होने का सामर्थ्य रखता है उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही उनकी सरकार ने चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है श्री योगी ने कहा कि इन चार वर्षो में उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं के लिए जाना जाता था उनकी सरकार ने उसे वह स्थान दिलाया है मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पर्यटन संर्क्षन योजना के अंतर्गत एक सौ अस्सी करोड़ रूपए लागत से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के साँदर्यीकरण और पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे थे श्री योगी ने पर्यटन को रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दिया है उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ के दौरान चौबीस करोड़ श्रद्वालु संगम तट पर पहुंचे इससे प्रयागराज में व्यापारियों की आमदनी में इजाफा हुआ श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष दो हजार सत्रह में अयोध्या में दीपोत्सव की श्रूआत की उन्होंने कहा कि हर वर्ष दीपावली पर होने वाला यह कार्यक्रम आज वैश्विक आयोजन बन चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा के बरसाना में कल और तेईस मार्च को रंगोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा उन्होंने कहा कि दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक रंगोत्सव में भाग लेने आते हैं इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सुजन को बढ़ावा मिलता है श्री योगी ने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस में राज्य में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की शुरूआत की गयी थी उन्होंने कहा कि इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन क्षेत्र का साँदर्यीकरण किया जाए

गोरखपुर में कल एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत गारमेंट प्रदर्शनी के समापन सत्र को सम्बोधित करते हए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष दो हजार अटठारह में राज्य में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की थी इस योजना का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुये परम्परागत उत्पादों को प्रोत्साहित करना और मंच प्रदान करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में परम्परागत उद्यम के लिये असीम सम्भावनायें मौजूद हैं उन्होंने कहा कि गोरखपुर आने वाले दिनों में रेडीमेड परिधान निर्माण के केन्द्र के रूप में उभर सकता है श्री योगी ने कहा कि जिले में वर्तमान में पांच सौ करोड़ रूपये के रेडीमेड परिधान बनाये जाते हैं जबकि दो हजार करोड़ रूपये के रेडीमेड परिधान बाहर से मंगाने पड़ते हैं उन्होंने कहा कि लोगों को प्रशिक्षण देकर यहां वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के संकट के समय सुक्ष्म लघ् और मध्यम इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आसान ऋण उपलब्ध कराया उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारियों को उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री ने कल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय विषय पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह वेबिनार का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर अपने सम्बोघन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा केन्द्रों का आह्वान किया कि वे अपनी सभ्यता और समृद्व संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करें प्रदेश की भाजपा सरकार के चार वर्ष पूरा होने पर योगी सरकार की उपलब्धियों के साथ राज्य में आठ दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक और मंत्री प्रदेश सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का दस्तावेज लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं राजधानी लखनऊ के जियामऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कल प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश सरकार के चार वर्ष के कार्यो की उपलक्षियां गिनाते हुए कहा कि योगी सरकार में सर्वगीण एवं चौमुखी विकास हआ है प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कानपुर में प्रदेश सरकार के विकास कार्यो की पुस्तिका का विमोचन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया क्शीनगर में सांसद रमापति त्रिपाठी ने तमक्ही राज विधानसभा क्षेत्र र्म चालीस सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया सिद्वार्थनगर में कल पैंतालिस करोड़ रूपये से अधिक लागत की कई सड़कों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पिछले चार सालों में प्रदेश सरकार ने विकास का एक अनूठा इतिहास रचा है

उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के कार्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को एक बड़ी जिम्मदारी निभानी है राज्यपाल कल लखनऊ में डॉक्टर राममनोहर लोहिया आयर्विज्ञान संस्थान के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रही थीं राज्यपाल ने कहा कि कोरोनाकाल में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है उन्होंने चिकित्सकों का आहवान करते हए कहा कि वे नई च्नौतियों का सामना करते हुए चिकित्सा विज्ञान में हो रहे नित्य नये अनुसंधान के साथ चलने के लिए तैयार रहें केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि क्छ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हए यह आदेश दिये गये हैं उधर प्रदेश में कोविड नाइन्टीन का संक्रमण बढ़ रहा है इस बीच सरकार इस बीमारी को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए सलाह जारी की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन का अधिक से अधिक परीक्षण करने का निर्देश दिया है

प्रदेश में कोरना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है और अब तक यहां तीन करोड़ अ लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का पचहत्तरवां संस्करण होगा श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशमर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं